केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण ने आज कहा है कि प्रमुख मानकों से सकारात्मक वृद्धि के संकेत मिलने से पता चलता है कि अर्थव्यव्यस्था मजबूत हो रही है

आज नई दिल्ली में वित्त मंत्री ने कहा कि पीएमआई सूचकांक ऊर्जा के इस्तेमाल जीएसटी वसूली और बैंकों के ऋणों और एफपीआई के निवेश में वृद्धि से देश की आर्थिक व्यवस्था में बेहतरी के आसार है उन्होंने कहा कि बाजार पूंजीकरण और विदेशी मुद्रा भंडार में अधिक धनराशि होने जैसे साकारात्मक संकेत है

वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के लिए किए गए अनेक उपायों से सकारात्मक प्रभाव पड़ा है

वित्त मंत्री ने कहा कि देश में रोजगार को बढाने के लिए आत्मनिर्भर भारत योजना के अन्तर्गत कई कदम उठाये जा रहे हैं

उन्होंने बताया कि इस योजना में केन्द्र सरकार इस वर्ष पहली अक्टूबर के बाद से नये पात्र कर्मचारियों के लिए दो वर्ष की अवधि के लिए सबसिडी उपलब्ध करायेगी उन्होंने कहा कि यह सबसिडी आधार से जुडे ई पी एफ खातों पर लागू होगी

बार बार चिंता हो रही थी कि कैसे आदिवासी सरना धर्मकोड का प्रस्ताव विधानसभा से पारित कराकर केंद्र सरकार को भेजा जाए कल विधानसभा के विषेष सत्र में आदिवासी सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर सुखद अनुभूति हो रही है मुख्यमंत्री ने आज रांची में सरना धर्म के प्रतिनिधियों से मुलाकात में कहा कि सरना आदिवासी धर्मकोड का प्रस्ताव तो झारखंड विधानसभा से पारित करा लिया गया है लेकिन अभी कई लड़ाइयां लड़नी है उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार से इसे हर हाल में लागू कराना है ताकि आगामी जनगणना में इसे शामिल किया जा सके

इसलिए स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोत्तरी दर्ज की जा रही है

जबकि इसमें एक लाख तीन सौ दो संकमित स्वस्थ हो चुके हैं स्वास्थ्य विभाग से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब राज्य में केवल चार हजार नौ मामले ही सकिय हैं जिनका विभिन्न कोविड सेंटर या होम आइसोलेशन में इलाज चल रहा है वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संकट काल में लातेहार जिले के विद्यार्थियों की षिक्षा बाधित न हो इसके लिए जिले के उपायुक्त अबु इमरान लगातार प्रयासरत है और अधिक जानकारी के साथ हमारे लातेहार संवाददाता की रिपोर्ट

उन्होंने एक बार में एक सप्ताह तक प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने का दावा करने वाली औषधियों से सतर्क रहने की अपील की

श्री बादल ने कहा कि किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए योजनाबद्व तरीके से कार्य कर रही है

कृषिमंत्री आज रांची के मोरहाबादी स्थित रामकृष्ण मिशन ऑडोटोरियम में कृषि विभाग द्वारा आयोजित रबी संगोष्ठी और शत प्रतिशत अनुदान पर रबी बीज वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे गोड्डा कृषि विज्ञान केंद्र में कृषि संबंधी खाद एवं रसायन विक्रेता द्कानदारों का पंद्रह दिनों की कार्यशाला आयोजित की गई दुकानदारों को फसलों के अनुसार सही मात्रा में खाद और कीटनाशक दवा के उपयोग की सही सही विधियां वैज्ञानिकों द्वारा बताई गई इस मौके पर कृषि वैज्ञानिक हेमंत चौरसिया द्वारा नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाशियम और दर्जनों तत्वों को मिट्टी में डालने के अनुपात पौधों में कम मात्रा में रसायन डालने जैविक खादों का अधिक से अधिक उपयोग करने और गोबर से कई तरह के खाद बनाने के बारे में विक्रेताओं को विस्तार से बताया गया राज्यभर में आज धनतेरस का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है इस दिन भगवान धनवंतरि की पूजा अर्चना कर सुख समृद्वि की कामना की जाती है इधर धनतेरस को लेकर राजधानी रांची समेत राज्यभर के बाजारों में भीड़ देखी जा रही हैं मान्यता के अनुसार आज के दिन लोग धातु की बनी चीजों की खरीदारी करना बहुत शुभ मानते हैं लोग सोने चांदी के आभूषण इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं और बर्तन की खरीदारी करते हैं शनिवार को दीपावली का त्योहार मनाया जायेगा झारखंड राज्य प्रद्षण नियंत्रण पर्षद ने रांची समेत चौदह जिलों के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में शामिल करते हुए दीपावली के दिन सिर्फ दो घंटे तक हरित पटाखे फोड़ने की अनुमति दी है

राज्य के जिन जिलों के शहरी क्षेत्रों को थोड़ा प्रदूषित श्रेणी में रखा गया है उनमें रांची रामगढ़ बोकारो पलामू पूर्वी सिंहभूम पष्चिमी सिंहभूम सरायकेला खरसावां हजारीबाग गिरिडीह धनबाद देवघर गोड्डा पाकुड़ और साहेबगंज शामिल है

उन्होंने बताया कि राज्य में दीपावली के अलावा छठ किसमस और नववर्ष समेत अन्य त्योहारों के समय पटाखे मात्र दो घंटे तक ही चलाये जा सकेंगे देवघर के उपायुक्त कमलेश्वर प्रसाद सिंह की अध्यक्षता खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई इस दौरान उपायुक्त ने श्रेणी एक और रेणी दो के बालू घाटों तथा बालू के स्टॉकयार्ड की विस्तृत समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया बैठक के दौरान उपायुक्त द्वारा खनिजों के अवैध खनन न होने देने के संबंध में जिला खनन पदाधिकारी को निर्देशित किया कि सभी अंचलाधिकारी एवं संबंधित थाना के थाना प्रभारी के साथ आपसी समन्वय स्थापित करते हुए जिले में अवैध खनन करने वालों पर सख्त कार्रवाई करें समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि अवैध खनिज लदे वाहन किन्हीं के भी द्वारा पकड़े जाते हैं तो संबंधित थाना प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी और जिला खनन पदाधिकारी आपस में एक दूसरे को सूचित करेंगे ताकि उपरोक्त तीनों विभागों द्वारा सुसंगत धाराओं के तहत कार्रवाई की जा सके संक्षिप्त खबरें राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू से आज सिदो कान्ह विश्वविद्यालय दुमका की कुलपति सोना झारिया मिंज ने राज भवन आकर मुलाकात की कुलपति ने विश्वविद्यालय की शैक्षणिक और प्रसाशनिक गतिविधियों से राज्यपाल को अवगत कराया